विषय है वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और सतत विकास

उमंग एप्प पर भी दे सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र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

सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता साझा सुरक्षा और सतत विकास ब्रिक्स की बारहवीं शिखर बैठक के दौरान बहपक्षीय प्रणाली के सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में अंतर ब्रिक्स सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जायेगी

आतंकवाद का मुकाबला व्यापार स्वास्थ्य ऊर्जा तथा लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर आपसी सहयोग के बारे में चर्चा की जायेगी

बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी यह बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है

उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अम्बर दुबे ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर ऊर्वर कृषि टिड्डी नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार के लिए ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल परीक्षण है

भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है कोवैक्सीन के पहले और दूसर्रे क्लीनिकल परीक्षण में एक हजार विषयों का विश्लेषण किया गया था भारत बायोटेक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है साहिबगंज में जिला प्रशासन द्वारा कोविड टेस्ट की गति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है

विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ छठ व्रतियों ने भी सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कल मुख्यमंत्री से मिलकर सरकारी निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया झारखंड प्रदेश कांगेस ने भी छठ से संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया है इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है

अगले वर्ष पंद्रह जनवरी तक यह काम चलेगा इस दौरान सुबह दस बजे से शाम छह बजे के बीच जहाज उड़ाने नहीं भर सकेंगी सभी उड़ानों का शिड्यूल सोमवार से ही लागू कर दिया गया है सभी जहाज सुबह छह से दस बजे तक और शाम छह से रात नौ बजे के बीच उड़ान भर रही हैं पंद्रह जनवरी को रनवे की रि कारपेटिंग का काम खत्म हो जाएगा इसके बाद फ्लाइट का समय पहले की तरह कर दिया जाएगा

इस समय देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या चार लाख पैंसठ हजार है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उसके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराएं हैं इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाणपत्र प्री तरह वैध होंगे

इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र दिया जा सकता है हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशनभोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाणपत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशनभोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर जाएगा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा नए दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी यह प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं यह एक साल तक वैध होगा

संक्षिप्त खबरें नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को सफलता मिली है पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांसडीह खुर्द में मुखिया से लेवी वसूलने आए उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है पलामू में उंटारी रोड थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है दो बाइक की टक्कर से यह दुर्घटना हुई एक बाइकसवार गंभीर रूप से घायल हो गया है बोकारो जिले के जैनामोड़ बांका पुल से बाइक के साथ दो युवक नीचे जा गिरे हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी ग्मला में जमीन विवाद को लेकर वृद्ध दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने घटना में संलिप्त चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की खबर और झारखंड में छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार के गाइडलाइन पर दोबारा विचार करने की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है प्रभात खबर ने सीएजी की रिपोर्ट पर आधारित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है उग्रवादियों को पकड़वाने पर एनआईए देगी इनाम हिन्दुस्तान ने इस शीर्षक के साथ उग्रवादियों पर शिकंजा कसने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है रांची में सुबह दस से शाम छह बजे के बीच उड़ान नहीं भरेंगे हवाई जहाज दैनिक जागरण की पहली सुर्खी है दैनिक भास्कर ने छठ घाटों पर पाबंदी का राज्यभर में विरोध इस शीर्षक के साथ इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड काल में छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार की मांग की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनायी है